विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ के अमैसी हवाई अड़डे पर प्रयागराज जाने से रोके जाने का विरोध कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित ने पहले विपक्षी दलों को सदन की गरिमा का हवाला देते हुये शान्त रहने को कहा लेकिन जब हंगामा नही रूका तो उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिये स्थगित कर दी विधानसभा स्थगित होने के बाद प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि श्री अखिलेश यादव छात्रों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये प्रयागराज जा रहे थे लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि उनके वहां जाने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है इस स्थिति में सरकार ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन्हें प्रयागराज न जाने देने का फैसला लिया उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अखाड़ा परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने चुनौतियों के समय देश को निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया उनकी दुरदर्शिता नीतियों और नेतृत्व के फलस्वरूप भारत ने इक्कीसवीं सदी में एक नई गतिशीलता के साथ प्रवेश किया और विश्व पटल पर अपनी शक्तिशाली पहचान बनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी ने लम्बे राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग विपक्ष में बिताया इसके बावजूद उन्होंने लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया और अपने सिद्वांतों पर टिके रहे उप्राष्ट्रपति वेंकैया नायड लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद कई केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे

वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समेकित लॉजिस्टिक्स योजना के बारे में एक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दे रहे थे श्री प्रमु ने कहा कि आधिकाधिक कार्य क्शलता और परिसंपत्तियों का इस्तेमाल बेहतर भविष्य का मानक बन रहा है

इस अभियान की शुरूआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में अपने आवास पर पार्टी का झंडा और स्टीकर लगाकर किया प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधियों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने आवास पर झंडा और स्टीकर लगाकर अभियान में हिस्सा लिया जौनपुर जिले में अपने आवास पर झंडा और स्टीकर लगाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी पचास लाख परिवारों से सीध संवाद करेगी संवाद के माध्यम से केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जायेगी बरेली जिले में अभियान में हिस्सा लेने के बाद केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस अभियान से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहंचेगी

वहां के जिलाधिकारी कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत कुल तीन लाख उन्यासी हजार नौ सौ छिहत्तर शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष पंचानबे प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण के लिये अनुदान के रूप में अब तक साढ़े चार अरब रूपये लाभार्थियों को दी जा चुकी है

वन विमाग इसके लिये अलग अलग सरकारी विमागों को निःशुल्क पौधे देगा आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि एक जुलाई से चौदह अगस्त के बीच विभागों के लिये पौधरोपड़ का लक्ष्य निर्घारित कर दिया गया है इस बीच विभागों को लक्ष्य का पचास प्रतिशत पूरा करना होगा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोग सुल्तानपुर जिले के निवासी थे वह एक बहुभोज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद चारपहिया वाहन से घर वापस लौट रहे थे जब मऊ आइमा क्षेत्र में इनायरी चौकी के पास एक अनियंत्रित टेलर ने उनके वाहन को टक्कर मार दिया घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है